भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर बौखलाहट में बयानबाजी करने का लगाया आरोप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए शामिल

अधिसूचना लोकसभा चुनाव के अंतिम व सातवें चरण के लिए होने वाले मतदान की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है

और ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुंद्रियाल से डिस्पैच प्रदेश में चुनाव अधिसूचना जारी होते ही आज तीन उम्मीदवारों ने अपने पर्च दाखिल किए मण्डी संसदीय क्षेत्र से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के शिवलाल ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार ग्रमान सिंह नेगी ने अपना पर्चा प्रस्तुत किया वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रवि ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में हार के भय से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने टिकट ही नहीं लिए हैं कांगड़ा ज़िले के शाहपुर में भाजपा मंडल द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपने हाईकमान के आदेश को पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जयराम ठाक्र ने प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सभी वर्गो का एक समान विकास कराने को प्राथमिकता दी है उन्होंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा इस बीच मुख्यमंत्री ने चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के सिंहुता में भाजपा मंडल द्वारा आयोजित सम्मेलन को भी संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने अल्पकाल में ही जनकल्याण की कई योजनाएं चलाकर लोगों को लाभान्वित किया है जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में बिना बजट प्रावधान के कई संस्थान खोलने की घोषणा की और धरातल पर कुछ भी नहीं किया

ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार रहित सरकार रही है सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ठोस और निर्णायक फैसले लेकर दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया भाजपा प्रचार भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव प्रचार के दौरान आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसभाओं को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दे सकते हैं इस मौके क्षेत्र की कालाअंब पंचायत में पूर्व सैनिकों सहित कई अन्य लोगों ने भाजपा का दामन थामा शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित है और प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया कांग्रेस प्रचार दूसरी ओर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पवन काजल ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने सहित क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी

वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने आज सोलन जिले के बद्दी में चुनाव प्रचार किया अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मुददों पर जन समर्थन मांग रही है और एकजुटता से लोकसभा चुनाव लड़ रही है एक बयान में उन्होंने भाजपा पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वे अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर किसी भी योजना को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश व केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं अध्री ही रही हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है सुरेश चंदेल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं उन्होंने आज नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की बाद में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से शिष्टाचार भेंट की दोनों नेताओं ने सुरेश चंदेल को पार्टी में शामिल होने पर शुभकामनाएं दीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सुरेश चंदेल का स्वागत करते हुए कहा कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से पार्टी को मजबूती मिलेगी उल्लेखनीय है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा से टिकट न मिलने से सुरेश चंदेल नाराज़ चल रहे थे परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में संचालित दस जमा दो की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है

अनिल ने बताया कि वे सॉफ़टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं

इस वर्ष के पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी नस्लें बचाओ इसका उद्देश्य दुनियाभर में तेजी से लुप्त हो रही नस्लों के संरक्षण पर ध्यान देना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है उन्होंने कहा कि वे पृथ्वी दिवस के अवसर पर लोगों के साथ मिलकर धरती मां को नमन करते हैं इस अवसर पर प्रदेश में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए